उन्होंने कहा है कि इस रोग से बचाव बारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी और टांडा के अलावा मंडी के नेरचौक मेडिकल कालेज में भी इस रोग की जांच की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है हर साल बरसात के मौसम में स्क्रब टाइफस का प्रकोप फैलता है

राज्यसभा ने कल इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक तंत्र का प्रावधान है इस विधेयक में जमाकर्ताओं की राशि के भूगतान के लिए संपत्ति या परिसंपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है मौसम लाहौल स्पिति और किन्नौर को छोड़ कर प्रदेश के अन्य दस ज़िलों में आज व कल कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है शिमला स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक आगामी चार अगस्त तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा विभाग के पूर्वानुमान के मददेनजर सरकार ने ज़िलों के आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने को कहा है

कल्पा के एसडीएम अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए ग्रैफ ने ये फैसला लिया है उल्लेखनीय है कि सड़क चौड़ा करने के कार्य में ब्लास्टिंग से लोगों को आवाजाही में काफी असुविधा हो रही थी

परिवहन विभाग के निदेशक जेएम पठानिया ने कल शिमला में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी दिलाएंगे पठानिया ने बताया कि परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर इस अवसर पर दौड़ सुरक्षा की मैराथन को झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने भूकंप से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में बड़े भूकंप की आशंका सरकार ने किया अलर्ट एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार थर्राई देवभूमि

दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं हिमालयी क्षेत्र में बड़े भूकंप का अंदेशा जबकि दिव्य हिमाचल ने लिखा है अब लाहुल स्पीति में भूकम्प के झटके महीने में तीसरी बार हिला हिमाचल

दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है पहाड़ों में सड़क निर्माण महंगा अतिरिक्त बजट मिले

पंचायत प्रतिनिधियों को एरियर के साथ अगस्त से मिलेगा बढ़ा मानदेय अमर उजाला की एक खबर है पहले चरण में पांच एमएम गुच्छी मशरूम का उत्पादन शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है मशरूम अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट को मिली आंशिक सफलता दैनिक भास्कर लिखता है मनाली मैक्लोडगंज में नए होटल मॉल दुकानें बनाने पर एनजीटी ने लगाई रोक सरकारी कंस्ट्रक्शन में भी लेनी होगी परमिशन हिमाचल दस्तक ने खबर दी है हर घर को मिलेगा पोर्टेबल वाटर टैंक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा एक फ्लैक्सी टैंक इसी खबर पर आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में आएंगे इजराइल के फ्लैक्सी टैंक और हेलनेट दिव्य हिमाचल के मुताबिक धर्मशाला शिमला फोरलेन के निर्माण को हरी झंडी केन्द्र ने सड़क परियोजना के लम्बित पड़े टेंडर खोलने के दिये आदेश इसी अखबार की एक अन्य खबर है अब सीधी खाते में जाएगी सोलर वाटर हीटर की सबसिडी